उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में वे जनता की सेवा के लिए अधिक कठिन परिश्रम करेंगे विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने यह बात कही

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सम्पूर्ण नेटवर्क से प्रसारित किया जायेगा

धनतेरस पाँच दिवसीय रोशनी के त्यौहार दीपावली के पर्व की शुरुआत आज धनतेरस से हुई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 इसमें श्रभ कार्य या खरीदारी समुद्धि देगी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रर्यादशी के दिन धनतेरस में भगवान कुंबेर को प्रसन्न किया जाता है मान्यता है कि धनर्तरस के दिन ही भगवान धनवंतरि का जन्म हुआ था धनतेरस के दिन धन के देवता कुंबेर और मृत्युदेव यमराज की पूजा की जाती है होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी लोर्गो ने धनतेरस पर अपने घरों और प्रतिष्ठानों की आकर्षक सजावट की है ग्राहकी के लिये बाजार पूरी तरह से सज गये है धनतेरस पर बर्तन कपड़े वाहन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आभूषणों की द्वानों पर खरीददारी करने वाले ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा रही है धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण बर्तन खजूर के पेड़ के पत्तों से बनी झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व होता है शिवपुरी आगरमालवा बड़वानी सतना सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी धनतेरस मनाये जाने के समाचार मिल रहे हैं

इस पर्व को लेकर बाजारों में सजावट के साथ लोगों की भीड़ देखी जा रही है इस दौरान लोगों में उत्साह का माहौल है शिवपुरी जिले में दिव्यांग बच्चों ने इकोफ्रेंडली दीपक तैयार कर इस उत्साह को और बढ़ाया है